मुख्यमंत्री ने आज देश के विभिन्न राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि मार्च और अप्रैल महीने की देनदारियों को पूरा करने के लिए बोर्ड को ऋण की तूरंत ज़रूरत है उन्होंने ऋणों पर ब्याज दरों को कम करने का भी केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरकेसिंह से आग्रह किया

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरकेसिंह ने इस मौके पर कहा कि कोरोना महामारी के कारण ऊर्जा क्षेत्र को हई क्षति से उबारने के लिए प्रभावी और नए कदम उठाए जा रहे हैं उन्होंने प्रदेश सरकार को आश्वासन दिया कि उसकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा बिजली बोर्ड इस बीच प्रदेश बिजली बोर्ड ने राज्य की जनता से मुख्यमंत्री रौशनी योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है बोर्ड के एक प्रवक्ता ने शिमला में कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना में गरीब परिवारों को बिजली का कनैक्शन प्रदान करना आसान और सस्ता बनाया गया है उन्होंने कहा कि इस योजना की बोर्ड मुख्यालय स्तर पर लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ भिल सके

गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकूर ने कहा है कि वन संपदा हमारे प्रदेश की अमूलय परिसंपत्ति है और वनों का संरक्षण हर हाल में सुनिश्चित बनाया जाएगा वन मंत्री आज मनाली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वन मंडल नाहन और राजगढ़ के अधिकारियों के साथ बाचतीत कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने वन परिक्षेत्रों में लगातार निगरानी बनाए रखें और वनों को नुकसान होने की किसी भी प्रकार की आशंका पर तुरंत कार्यवाही करें उन्होंने कहा कि कृष्ठ परिक्षेत्रों में वन माफिया की सक्रियता की शिकायतें आई हैं और ऐसे तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा वन मंत्री ने ये भी कहा कि सीमावर्ती और संवदेनशील वन परिक्षेत्रों में वन रक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर हथियार उपलब्ध करवाए जाएंगे उन्होंने वन माफिया को चेतावनी दी कि वन काटना अपराध है और इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि अनलॉक की स्थिति में हमें कोरोना संकमण के संकट को देखते हुए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा सुरेश भारद्वाज आज न्यू शिमला में नैशनल डवलेपमेंट सोसायटी द्वारा कोरोना योद्वाओं को सम्मानित करने के लिए आयोजित एक कार्यकम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान समाज की सेवा और आमजन की सहायता के लिए कोरोना योद्वाओं द्वारा दिया गया योगदान सराहनीय है उन्होंने कहा कि संकट काल की इस स्थिति में समाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए कोरोना योद्वाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्यों ने समाज को मजबूती प्रदान की है उन्होंने बाद में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा समाज को कोरोना संकमण से बचाव व लोगों की सुरक्षा के लिए आयोजित हवन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया

उन्होंने अधिकारियों को पूल का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने और गृणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए

अमित कश्यप शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने सुगम केन्द्रों में विभिन्न गतिविधियों के लिए मानक संचालन प्रकियाओं का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र प्रख्यापन जमाबंदी परिवार रजिस्टर और ड्राईविंग लाइसेंस सेवाओं के लिए कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं है